राज्य में जायका परियोजना के तहत वानिकी व अन्य गतिविधियों तक पहुंच बनाने के लिए वैबसाईट शुरू

शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुरेंद्र शौरी के सवाल पर उन्होंने बताया कि जलोड़ी जोत सुरंग की डीपीआर बनाने के लिए केंद्रीय भूतल परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंसी के आधार पर नए सिरे से निविदाएं करने को कहा है और जल्द ही टेंडर कॉल कर दिए जाएंगे

उन्होंने कहा कि कोरोना का नया वायरस आने पर ये वैक्सीन कारगर साबित होगी यह शोध के बाद ही साफ हो पाएगा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लगाना अनिवार्य नहीं है पंजीकरण करने के बाद भी लोग टीका लगाने से इंकार कर सकते हैं राजीव सैजल ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के कारण कोई मौत नहीं हुई है लेकिन वैक्सीन लगने के बाद एक की मौत हुई है

कांग्रेस के इंद्रदत्त लखनपाल के अनुपूरक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत ही लाभार्थी को वैक्सीन लगाई जा रही है कांग्रेस के सुंदर सिंह ठाकुर के सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि कुल्लू जिले के मलाणा को चलाई जा रही बस को बंद करने को लेकर यदि किसी भी प्रकार का मेनुपुलेशन होगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा कटौती प्रस्ताव जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि इस वर्ष बहुत कम वर्षा व बर्फबारी होने से राज्य में संभावित सूखे को देखते हुए विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए सभी को मिलजुलकर प्रयास करने होंगे महेंद्र सिंह ठाकुर आज विधानसभा में विपक्ष द्वारा सिंचाई जलापूर्ति व सफाई को लेकर लाए गए कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे जलशक्ति मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने अपने कटौती प्रस्ताव वापस लेने से इनकार कर दिया जिस पर सदन ने इन कटौती प्रस्तावों को ध्वनिमत से नामंजूर कर दिया महेंद्र सिंह ठाकुर ने जलजीवन मिशन के तहत प्रदेश के सिर्फ धर्मपुर और सिराज विधानसभा हलकों में ही अधिकांश खर्च करने के विपक्ष के आरोपों को निराधार करार दिया उन्होंने दावा किया कि जलजीवन मिशन में ऊना हमीरपुर बिलासपुर किन्नौर और लाहौल स्पीति को उच्च प्राथमिकता दी गई है

इससे पूर्व कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि जलजीवन मिशन केवल सिराज और धर्मपुर तक सीमित होकर रह गया है उन्होंने जलजीवन मिशन के तहत प्रदेश में असंतुलित पैसा बांटने का आरोप लगाया उन्होंने मिशन के तहत केंद्र से आये पैसे और इस पर अभी तक खर्च हुई राशि पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी की विधायक आशा कुमारी ने जलजीवन मिशन के तहत पैसे के बंटवारे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस मिशन के तहत प्रदेश में हम दो हमारे दो की नीति चल रही है जो सही नहीं है विधायक राम लाल ठाकुर ने जलशक्ति विभाग में निम्न गुणवत्ता के काम होने का आरोप लगाया विधायक हर्षवर्धन चौहान ने भी विभाग में हो रहे कामों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत बताई विधायक नंद लाल लखविंद्र राणा राजेंद्र राणा मोहन लाल ब्राक्टा राकेश सिंघा और पवन काजल ने भी कटौती प्रस्तावों पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने प्रदेश में जायका परियोजना के तहत वानिकी व अन्य गतिविधियों तक पहुंच बनाने के लिए जायका परियोजना की वैबसाईट का आज शिमला में शुभारम्भ किया उन्होंने कहा कि ये परियोजना जैव विविधता और जल स्रोतों के संरक्षण भू क्षरण को रोकने और स्थानीय समुदाय को वैकल्पिक आजीविका के साधन जुटाने के लिए पारिस्थितकीय तंत्र में सुधार लाने में सहयोग कर रही है

इस अवसर पर वनमंत्री राकेश पठानिया और प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन डॉक्टर सविता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे

पिछले एक सप्ताह से क्छ जिलों में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है

उन्होंने बताया कि ऊना जिला मुख्यालय में कल से शुरू हो रही सेना की खुली भर्ती में अभ्यार्थियों को कोरोना नेगेटिव प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य बनाया गया है राढौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है उन्होंने ऊना में हुई लूट पाट व गोलीबारी की घटना को बेहद गंभीर बताते हुए सरकार को पड़ोसी राज्यों के साथ लगती सीमाओं पर पुलिस चौकसी बढ़ाने का सुझाव दिया है राठौर ने कहा कि सोलन जिले के ओद्यौगिक क्षेत्र नालागढ़ व बद्दी में भी आपराधिक घटनाएं बढ़ने से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की आवश्यकता है मुख्य सचिव मुख्य सचिव अनिल खाची ने प्रदेश में सड़कों से ब्लैक स्पॉट हटाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि संभावित दुर्घटनाओं को टाला जा सके

राणा ने बताया कि इस दौरान लोगों को बच्चों को पौष्टिक आहार देने के सम्बन्ध में जागरूक किया जाएगा